इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसे कमी भुलाया नही जा सकता उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन किसानों के उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिये हैं उन्होंने किसानों को नयी तकनीक से जोड़ा है मुख्यमंत्री ने तीन दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन कर उसका निरीक्षण भी किया प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बोर्ड परीक्षाओं में इस बार पहले से भी अधिक कड़ाई के संकेत दिए हैं उन्होंने कहा है कि नकल विहीन परीक्षा के लिए सरकार संकल्पित है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे डॉ शर्मा आज जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में माध्यमिक व उच्च शिक्षा विमाग के अधिकारियों की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड नाइंटीन के निर्देशों का पालन करते हुए कॉलेजों में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से कक्षाओं का संचालन शुरू करा दिया गया है ऑफलाइन कक्षाओं में पचास फीसदी से अधिक उपस्थिति भी हो रही है उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल में होने वाली परीक्षाओं से पहले ही कोर्स पूरा करा लिया जाएगा देश में चल रहे किसान आदोलन के विषय में उन्होंने कहा कि किसान भाजपा और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार किसानों के लिए खाद्यान्न सम्मान राशि समय पर खाद और गन्ने का बकाया मूल्य भुगतान के साथ ही गेहूं व चावल का समर्थन मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वृंदावन का कुंभ भी प्रयागराज जितना महत्वपूर्ण है इसकी व्यवस्थाएं भी उसी के अनुरूप होगी उप मुख्यमंत्री आज वन्दावन में कुम्म के आयोजन को लेकर साध् संतो से चर्चा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार प्रयागराज की तरह ही कन्दावन कृंभ की व्यवस्था करेगी इस व्यवस्था में प्रयागराज कृंभ का अनुभव सहयोगी साबित होगा श्री मौर्य ने रमणरेती आश्रम में ठाकुर श्री रमण बिहारी जी का दर्शन कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की उन्होंने साध् संतों का आशीर्वाद भी लिया केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम सम्थन मूल्य के अंतर्गत सत्तर हजार करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की जा चुकी है और इससे करीब चालीस लाख तिरपन हजार किसानों को लाभ पहुंचा है कृषि मंत्रालय ने बताया कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद कर रही है पंजाव हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलगाना उत्तराखंड तमिलनाडु चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर केरल गुजरात आंध्रप्रदेश ओडिसा मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है अब तक कुल तीन सौ बहत्तर लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है संसद भवन पर दो हजार एक में कायरतापूर्ण आतंकी हमला विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को राष्ट्र आज श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन की रव्ना करने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश उन वीर शहीदों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता है जिन्होंने दो हजार एक में आज ही के दिन संसद भवन की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम दो हजार एक में आज ही के दिन संसद भवन पर किए गए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान का हम सदा याद रखेंगे देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरानबे दशमलव नौ तीन प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में तैंतीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या तिरानबे लाख सत्तावन हजार हो गई है पिछले चौबीस घंटे में तीस हजार दो सौ चौवन नये रोगियों के सामने आने से संक्रमण के शिकार कुल लोगों की संख्या अट्ठानबे लाख सत्तावन हजार उन्तीस हो गई है पिछले चौबीस घंटे में तीन सौ इक्यानबे लोगों की मौत हई है भारत में वर्तमान रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और इस समय यह कुल संक्रमित मामलों के तीन दशमलव छह दो प्रतिशत के स्तर पर बनी हुई है पिछले चौबीस घंटों में भारत में नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या कहीं अधिक है